शन्यकाल के दौरान आज लोकसभा में श्रीमती सीतारमण ने हथियारों की खरीद के लिए दिए गए ठेकों के ब्यौरे दिए रक्षामंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय को एच ए एल से इस बात की पुष्टि प्राप्त हई है कि दो हजार चौदह अट्ठारह के दौरान छब्बीस हजार पांच सौ सत्तर करोड़ रूपए से अधिक के ठेकों पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं इस संबंध में खडे किये जा रहे संदेह गलत और भ्रामक हैं उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर एचएएल को ठेके की राशि दिए जाने के बारे में संसद को गुमराह किये जाने का आरोप फिर लगाया है संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री राहल गांधी ने कहा कि एचए एल को केवल छब्बीस हजार पांच सौ सत्तर करोड़ रूपए दिए गए हैं जबकि रक्षामंत्री ने एक लाख करोड़ रूपए देने का दावा किया है

संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि आगामी लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सीबीआई छापों के पीछे भाजपा का हाथ है बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चन्द्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीवीआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान पर समझौता करने पर आमादा है आरोप का खारिज करते हए भाजपा ने कहा कि सीवीआई छापों को उनके राजनीतिक गठबंधन से जोडने के लिए दोनों दलों का समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान उनके बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हताशा भरी कोशिश है

उन्हें ये प्रस्कार दो हजार सत्रह अट्ठारह में सराहनीय उपलक्षियों के लिए दिए गए हैं श्रीमती मेनका गांधी ने आंगनवाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बच्चों तक न पहंचने तक चिंता व्यक्त की उन्होंने आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सतर्क रहे और संसाधनों के किसी भी दुरूपयोग की जानकारी उपलब्ध कराएं

इसके तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर आपतिजनक सामग्री साझा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है न्यायमर्ति आर एफ नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि आई टी कानन की धारा को समाप्त करने के शीर्ष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल मेजा जायेगा शीर्ष अदालत ने इस धारा को चौबीस मार्च दो हजार पन्द्रह में समाप्त कर दिया था

देश विदेश से आने वाले श्रद्वालऑ के सामने मेला क्षेत्र और प्रयागराज की एक बेहतर छवि बने इसके लिये प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपनी तैयारियों को अन्तिम रूप दे रहा है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में विकास प्राधिकरण के उपाव्यक्ष भानुचन्द गोस्वामी ने बताया कि इस बार प्रयागराज में लग रहे कृंम के दौरान आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिये विशेष इंतजाम किये गये हैं प्रयागराज में कुंम से रिलेटेड जितनें भी वर्क्स हैं उनकी काफी अच्छी मॉनिटनिंग की गयी है और हाइएस्ट लेवल पर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही हैं तो इसमें विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय पर भी ध्यान रखा गया है और नियमित बैठकें सभी विभागों की प्रत्येक सप्ताह होती रहेगी

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आसमान में बादल छाये हये हैं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी खबर है बारिश के कारण अधिकतम तापमान गिर गया है खराब मौसम के कारण कई जिलों में स्कूल बन्द कर दिये गये हैं पीलीभीत में कक्षा आठ तक के स्कूलों को नौ जनवरी तक के लिये बन्द कर दिया गया है वहां कल बूंदावांदी के साथ ओलावृष्टि हुयी थी जिसके कारण ठंड बढ़ गयी है मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों में प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश का अन्मान जताया है